वे आज धर्मशाला में कृषि विभाग द्वारा फसल विविधिकरण का किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि परियोजना की सफलता के लिए सिंचाई व्यवस्था की योजना निष्पादन और रखरखाव के लिए सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है

इस अवसर पर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी को सशक्त करने में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है कोरोना केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश नोवेल कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है इस मुद्दे पर लोकसभा में आज उन्होंने कहा कि इस वायरस के प्रति पूरी सतर्कता बरती जा रही है और सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति की निगरानी के लिए एक पैनल गठित किया है स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों से इस मुद्दे पर वीडियो कॉलिंग कर रहा है

इधर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग ने आज सोलन में कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में एक कार्यशाला लगाई इस अवसर पर स्वास्थ्य निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर विनोद शर्मा ने कहा कि प्रभावित लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था आइसोलेशन वॉर्ड में की गई है राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर गोपाल चौहान ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य भिशन द्वारा राज्य में चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों व योजनाओं को सुवारू रूप से चलाने के निर्देश दिए

एक बयान में उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि क्षेत्र में पानी की विभिन्न स्कीमों पर अगले दो वर्ष में कशीब एक सौ करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे ताकि पेयजल समस्या का स्थाई समाधान हो सके राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सीमेंट के दाम में बढौतरी पर चिंता जताई है

राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार सीमेंट कम्पनियों के आगे परी तरह लाचार और नतमस्तक नजर आ रही है उन्होंने मुख्यमंत्री से सीमेंट के दाम जल्द कम करने का आग्रह किया है

पहली उड़ान भूंतर बारिंग भूंतर द्सरी भूंतर उदयपुर भूंतर और तीसरी उड़ान भूंतर तांदी डाईट भूंतर के बीच भरी जाएगी ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी शिल्प मेला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में अनफोरगेटेबल हिमाचल थीम पर कल फैशन शो का आयोजन किया गया इस दौरान प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर रित बेरी ने प्रदेश के परिधानों को प्रस्तूत किया और चंबा के सांस्कृतिक दल ने पारम्परिक वेशमूषा में अपनी प्रस्तुति दी सांसद सुरेश कश्यप और मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची भी इस अवसर पर मौजूद रहे मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी और राज्य के हस्तशिल्प हथकरघा और अन्य उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकलन भी किया कार्यशाला राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकूर ने समाज में महिलाओं के प्रति सोच को बदलने की जुरूरत पर बल दिया है शिमला में आज महिला सुरक्षा विषय पर आयोजित पांच दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज में महिला प्रताडना और घरेलू हिंसा जैसे मामले बढ़ रहे हैं जिन पर अंकृश लगाने के लिए समाज में जागरूकता लाना जरूरी है